पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब तक एक करोड़ मकान बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण इस योजना का प्रमुख अंग है और मकान का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य या संयुक्त रुप से ही होगा

इस अवसर पर उन्होंने अटल स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया इस व्याख्यान का विषय समसामयिक परिर्वतित विश्व में भारतीय वांग मय की प्रासंगिकता और वाजपेयी का चिंतन था श्री निशंक ने हिन्दी को अंग्रेजी के बाद बोली जाने वाली विश्व की तीसरे नम्बर की भाषा बताते हुये कहा कि इसका महत्व आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा इस मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी उपस्थित रहे वे समन्वय भवन में स्वर्गीय माणिक चंद वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित मामाजी जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति और विमर्श कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं वे प्रदेश के केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों की एक बैठक भी लेंगे

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस उपलब्धि के लिए विभाग को बधाई दी है

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह बात प्ररी तरह से झूठी है कि इस कानून के बाद एनआरसी या नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजनशिप आएगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी और मुसलमानों को हिरासत शिविरों में भेज दिया जाएगा जबकि हकीकत यह है कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है

इसके अलावा इन कानूनी प्रावधानों को संचालित करने के लिए विशेष वैधानिक नियम भी बनाए गए हैं नागरिकता संशोधन कानून ने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है प्रतिक्रिया नागरिकता संशोधन कानून का सतना जिले के लोग भी स्वागत कर रहे हैं सीएए को लेकर जिले के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आइए जानते हैं

रायसेन में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी

इससे प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी श्री चौधरी ने यहां जिला चिकित्सालय में विधायक निधि से प्रदाय सर्वसुविधायुक्त नवीन एम्बूलेंस मैकेनाईज्ड लॉण्ड्री भवन डिजीटल एक्स रे मशीन वेंटीलेटर्स का लोकार्पण भी किया मौसम भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है धूंध और घने कोहरे से सड़क और रेल परिवहन पर भी असर पड़ा है दिल्ली से आने वाली अधिकतर ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही है ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह शून्य दृश्यता की वजह से वाहन चालको को काफी समस्या का सामना करना पड़ा

शिवपुरी छतरपुर में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है